भारतीय रिजर्व बैंक ने के वाई सी यानि अपने ग्राहक को जानें के दिशा निर्देशों में बदलाव करते हुये आधार को बैंक खातों से जोड़ना अनिवार्य कर दिया है हालांकि आरबीआई ने इस संबंध में जारी विज्ञप्ति में कहा है कि आधार कार्ड की अनिवार्यता उच्चतम न्यायालय के अंतिम निर्णय पर निर्भर करेगी नये दिशा निर्देशों के अनुसार के वाई सी के लिये आधार संख्या और पैन संख्या या फार्म सिक्सटी जमा कराने की आवश्यकता होगी शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्णता प्रमाण पत्र के आधार पर नियोजित शिक्षकों की वैधता की जांच होगी शिक्षा विभाग ने इस संबंध में सभी जिलाधिकारियों जिला शिक्षा पदाधिकारियों और जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों को आदेश जारी किया है नवादा में एक ही प्रमाण पत्र पर कई व्यक्तियों द्वारा शिक्षक के पद पर नियोजित होने का मामला उजागर होने के बाद विभाग ने यह कदम उठाया है केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह आज एक दिवसीय दौरे पर बिहार आ रहे हैं श्री सिंह सारण जिले के जलालप्र प्रखण्ड स्थित कोठैया में इंडो तिब्बत बॉर्डर पूलिस के नये केंद्र का उद्घाटन करेंगे दिन के ग्यारह बजे आयोजित इस कार्यक्रम में मूख्यमंत्री नीतीश कुमार उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी स्वास्थ्य मंत्री मंगल पाण्डेय सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी जनार्दन सिंह सिग्रीवाल और ओम प्रकाश यादव समेत कई विधायक और पूर्व विधायक उपस्थित रहेंगे बाद में श्री सिंह भाजपा की ओर से पटना के मिलर हाई स्कूल मैदान में आयोजित बाबू वीर कुंवर सिंह के विजयोत्सव में भी शामिल होंगे केंद्रीय मंत्री के आगमन को देखते हुये सुरक्षा के कड़े इंतजाम किये गये हैं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी इस महीने की उनतीस तारीख को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से देशवासियों के साथ अपने विचार साझा करेंगे मन की बात कार्यक्रम की ये तैंतालीसवीं कड़ी होगी लोग अपने विचार और सुझाव नरेन्द्र मोदी ऐप और माइ जीओवी ओपन फोरम पर साझा कर सकते हैं इसके अलावा लोग टोल फ्री नम्बर एक आठ शून्य शून्य एक एक सात आठ शून्य शून्य पर भी अपने संदेश रिकार्ड करा सकते हैं वहीं एक नौ दो दो पर मिस्ड कॉल देकर एसएमएस से मिले लिंक से भी सीधे प्रधानमंत्री को संदेश भेजा जा सकता है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि राज्य में भूमि सुधार के बाद कृषि उत्पादन में बढ़ोतरी के साथ साथ शांति की स्थापना हो सकेगी सिविल सेवा दिवस पर पटना में आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुये श्री कुमार ने कहा कि भूमि रिकॉर्ड नये सिरे से अद्यतन हो जाने के बाद भ्रष्टाचार पर भी रोक लगेगी उन्होंने अधिकारियों से भूमि सुधार योजनाओं में तेजी लाने की अपील की इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने बेहतर काम करने वाले अधिकारियों को सम्मानित भी किया केंद्र सरकार प्रदेश के सभी जिलों का औद्योगिक प्रोफाईल तैयार करेगी सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय ने इसके लिये राज्य सरकार से जिलावार आंकड़े उपलब्ध कराने को कहा है इसका उद्देश्य प्रदेश की औद्योगिक स्थिति का आकलन कर नये उद्योगों की स्थापना को बढ़ावा देना है ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा ग्राम स्वराज अभियान के तहत कल से प्रदेशभर में सघन टीकाकरण अभियान चलाया जायेगा मिशन इंद्रधनुष के तहत आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में तीन चरणों में टीकाकरण होगा पहला चरण कल से सत्ताईस अप्रैल दूसरा चरण इक्कीस से पच्चीस मई और तीसरा चरण अठारह से बाईस जून तक चलेगा मुजफ्फरपुर के निलंबित एसएसपी विवेक कुमार के बैंक खातों से हुये लेनदेन की विशेष निगरानी इकाई जांच कर रही है सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार जांच टीम निलंबित अधिकारी के विदेशों से कनेक्शन की भी जांच कर रही है इधर एसएसपी ऑफिस में पदस्थापित रीडर दिनेश यादव की गिरफ्तारी के लिये लगातार छापेमारी की जा रही है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति मैट्रिक और इंटर वार्षिक परीक्षा का रिजल्ट पंद्रह मई तक जारी कर देगी बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर ने बताया कि कॉपियों की मूल्यांकन का काम पूरा हो चुका है और रिजल्ट तैयार करने की प्रक्रिया जारी है उन्होंने कहा कि जो भी छात्र मेरिट लिस्ट में आयेंगे उनकी उत्तर प्रस्तिकाओं और प्रैक्टिकल अंकों की दुबारा जांच की जायेगी श्री किशोर ने बताया कि रिजल्ट जारी होने के पहले टॉपरों का फिजिकल वेरीफिकेशन भी किया जायेगा हर घर बिजली योजना के तहत कल से पच्चीस अप्रैल तक प्रत्येक जिले के हर प्रखण्ड के एक पंचायत में शिविर लगाकर लोगों को निःशुल्क बिजली कनेक्शन उपलब्ध कराये जायेंगे परिवहन विभाग ने कहा है कि तीस अप्रैल तक जिन स्कूल बसों में गति नियंत्रण से संबंधित उपकरण नहीं लगाये जायेंगे उनका परमिट रद्द कर दिया जायेगा केंद्र सरकार ने पटना के इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान में दो सौ बेड के सूपर स्पेशियलिटी नेत्र अस्पताल की स्थापना को मंजूरी दे दी है रेलवे अगले एक पखवाड़े तक टिकट चेकिंग का व्यापक अभियान चलायेगा इसमें मुख्य रूप से रेलवे आरक्षण केंद्रों और टिकट खिड़कियों पर दलालों और असामाजिक तत्वों की गतिविधियों की पड़ताल कर उनकी धर पकड़ की जायेगी कल से शुरू हो रहे सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत प्रदेशभर में सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया जायेगा और लोगों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक किया जायेगा भागलपुर की टीम ने हेमन ट्रॉफी ए डिवीजन क्रिकेट प्रतियोगिता का खिताब जीत लिया है भागलपुर के सैंडिस स्टेडियम में हुये फाइनल मुकाबले में भागलपुर ने मुजफ्फरपुर की टीम को चालीस रन और एक पारी के विशाल अंतर से पराजित किया मैन ऑफ द मैच का खिताब भागलपुर के अभिषेक और मैन ऑफ द सीरिज का खिताब भी भागलपुर के ही मोहम्मद रहमतउल्लाह को दिया गया पश्चिम बंगाल से आ रही नमी के कारण बिहार के पूर्वी हिस्सों में आज कई स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है इन इलाकों में कल भी बूंदा बांदी हुयी वहीं दक्षिण और मध्य बिहार में तापमान बयालीस डिग्री से उपर पहुंच गया है मौसम विभाग ने कहा है कि इन क्षेत्रों में अगले कुछ दिनों तक लोगों को गर्मी से राहत मिलने की कोई संभावना नहीं है इधर उत्तरी बिहार में बादल होने के कारण नमी की मात्रा नब्बे प्रतिशत तक पहुंच गयी है जिसके कारण लोगों को उमस भरी गर्मी का सामना करना पड़ रहा है झारखण्ड के कोडरमा में पटना के एक व्यवसायी से हुयी लूट के मामले में पुलिस ने नालंदा जिले के नगरनौसा से एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर बत्तीस लाख रूपये और तीन किलो सोना बरामद किया है पटना जिले के बाढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत डभवा गांव स्थित डगराईन नदी में ड्रबने से दो बच्चियों की मौत हो गयी खगड़िया जिले के चौथम थाना क्षेत्र अंतर्गत कैथी विश्वकर्मा के पास एक जीप और ऑटो के बीच हुयी टक्कर में तीन लोगों की मौत हो गयी जबकि तीन अन्य गंभीर रूप से घायल हो गये लखीसराय जिले के कजरा थाना क्षेत्र के पुनाडीह गांव में नक्सलियों ने एक युवक की घर में घुसकर हत्या कर दी मुजफ्फरपुर जिले के अहियापुर थाना क्षेत्र स्थित एक लीची बगान से पुलिस ने एक सौ पचास कार्टन शराब जब्त की है मौके से एक ट्रक पिकअप वैन और ऑटो को भी जब्त किया गया है वहीं इसी थाना क्षेत्र के चंदन बखरी गांव से पुलिस ने एक युवक को मादक पदार्थ स्मैक के साथ गिरफ्तार किया है अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने नाबालिग लड़कियों के साथ द्रष्कर्म के मामले में मौत की सजा का प्रावधान किये जाने के केंद्रीय मंत्रिमंडल के फैसले को प्रमुखता से प्रकाशित किया है हिन्द्रस्तान लिखता है मासूमों से रेप पर सजा ए मौत दैनिक जागरण के शब्द हैं बच्चियों से दुष्कर्म करने वालों को होगी फांसी प्रभात खबर ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बयान को सुर्खी बनाते हुये लिखा है भूमि सुधार से बदल जायेगी बिहार की तस्वीर दैनिक भास्कर की खबर है यशवंत सिन्हा ने भाजपा छोड़ी राजनीति से भी लिया संन्यास राष्ट्रीय सहारा ने सिविल सेवा दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन को पहले पन्ने पर प्रकाशित करते हुये लिखा है चुनाव के लिये काम नहीं करता